राज्य के छह नगर निगमों में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्भियां हुई तेज

् मूंग उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए राज्य में आज से पंजीयन शुरू ्र राज्य में कोरोना जागरुकता आंदोलन के तहत विभिन्न आयोजन ् एसीबी ने यूआईडीएआई के नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक महानिदेशक को एक लाख रूपये की रिश्वत लेते किया रंगे हाथों गिरफ्तार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

उन्होंने कहा कि अभी देश संमली हुई स्थिति में है हमें इस स्थिति को और बेहतर बनाना है अब से कुछ देर पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी भारतवासियों ने लम्बा सफर तय किया है जीवन को गति देने के लिए आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं लेकिन त्यौहारों के इस मौसम में किसी को लापरवाही नहीं बरतनी है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का कार्य प्रगति पर है और सरकार हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोई ढिलाई नहीं बरतनी है

निगम बोर्ड गठन को लेकर भाजपा और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है जोधपुर सांसद और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के आपसी विवाद का फायदा आगामी नगर निगम चुनाव में भाजपा को मिलेगा आज जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तक सार्यजनिक रूप से जारी नहीं कर पाई केंद्रीय मंत्री ने दोनों नगर निगमों में भाजपा का बोर्ड बनने का दावा दोहराया वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी दावा किया है कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे

केन्द्र ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है

इसलिए उन्हें ज्यादा खर्च करने की अनुमति दी जाए विधि मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

राजफेड के महाप्रबंधक वाणिज्य संजय पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि किसान ई मित्र कर्कन्द्रो तथा खरीद केन्द्रों पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं उन्होंने बताया कि इन फसलों की खरीद एक नवम्बर से शुरू होगी झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां भी विभिन्न केन्द्रों पर इन फसलों की खरीद के लिए पंजीयन के वास्ते किसानों में उत्साह है

गौरतलब है कि फिलहाल मूंगफली की खरीद को स्थगित रखा गया है

इसी के तहत जयपुर में यातायात पुलिस और दोनों नगर निगमों की ओर से यादगार तिराहे पर लोगों को मास्क बांटे गये

जोधपुर में टोको कोरोना रोको थीम पर एनडीआरएफ नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ओर से कई जगह रैली निकालकर मास्क का वितरण किया गया

ब्रूदी में राशन की दुकानों और सरकारी संस्थानों को सैनेटाइज किया गया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

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कोटा इकाई ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत सहायक महानिदेशक पंकज गोयल को एक लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि आरोपी आधार पहचान पत्र का काम देखते हैं और उन्हें नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया

इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ने विभिन्न कानूनों के बारे में विस्तार से बताया